मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज फेसबुक लाईव के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण माह दो हजार बीस का शुमारंभ किया प्रदेश के कांकेर महासमुंद और कोरबा में नये मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू किए जाएंगे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य शासन ने सभी शासकीय विभागों को अब वचुर्अल और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बैठक करने के निर्देश दिए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 राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है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

उन्होंने कहा कि इन सत्रों से प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे के विचार और उपयोग के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा जा सकता है

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी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 राज्यपाल शिक्षा नीति सुझाव इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई मामलों में मील का पत्थर साबित होगी उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए राज्यपाल ने कहा कि जनजातियों की भाषा जिसमें गोंडी भी शामिल है उन्हें प्राथमिक स्तर की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए इससे जनजाति समाज और उनकी नई पीढ़ी अपनी भाषा संस्कृति को समझ सकेंगे और उससे उपलब्ध ज्ञान को संरक्षित रख पाएंगे उन्होंने कुछ राज्यों में जहां पर जनजातियों की संख्या अधिक है वहां पर संबंधित क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जनजाति भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करने और नियुक्ति में क्षेत्रीय जनजाति गोंडी भाषा के शिक्षकों के लिए पद आरक्षित करने की बात कही राज्यपाल ने बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचलों में मल्टीडिसीप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किए जाने का भी सुझाव दिया ताकि इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके और युवाओं को बेहतर शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने का मौका मिल सके पोषण माह शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज फेसबुक लाईव के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण माह दो हजार बीस का शुभारंभ किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना से संबंधित ऐप लांच किया इस ऐप में हितग्राहियों के भुगतान सहित अन्य जानकारी उपलब्ध रहेगी मुख्यमंत्री ने इस दौरान गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण भी किया कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया भी मौजूद थी हुमर ग्रामसभा प्रदेश के कांकेर महासमुंद और कोरबा में नये मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू किए जाएंगे पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्रामसभा में यह जानकारी दी श्री सिंहदेव ने हमर ग्रामसभा में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में छह शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं श्री सिंहदेव ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के साथ ही उप स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सिविल और जिला अस्पतालों के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रत्येक ढाई सौ लोगों के बीच एक मितानीन के जरिए लोगों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को सालाना पांच लाख रूपए तक और एपीएल परिवारों को पचास हजार रूपए तक इलाज मुहैया कराया जा रहा है इसी तरह मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत चौदह गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है

इसके लिए पात्रता शर्तों नियमों जिला प्रशासन के उत्तरदायित्वों मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी और मरीजों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है परिपत्र में कहा गया है बिना लक्षणों और कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों के प्रबंधन के लिए होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जा सकती है होम आइसोलेशन के प्रबंधन और इसके इच्छुक मरीजों की निगरानी तथा समन्वय के लिए जिला स्तर पर चौबीसों घंटे संचालित कॉल सेंटर और कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी जिला कंट्रोल रूम द्वारा मरीज को होम आइसोलेशन की अनुमति देने के पहले उसकी पात्रता का आंकलन किया जाएगा मरीज के लिए घर में हवादार कमरा और अलग शौचालय होना अनिवार्य है यदि घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मरीज के इलाज का प्रबंध कोविड केयर सेंटर में किया जाएगा मरीजों को उपचार के लिए दवाइयों का एक किट भी प्रदान किया जाएगा इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी प्रतिदिन चिकित्सकों या उनके अटेडेंट से फोन के माध्यम से संपर्क में रहेंगे मरीज और उनके परिजन किसी भी परिस्थिति में अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही बाहर से कोई परिजन या मित्र उनसे मिलने आ सकेगा

आज भी विभिन्न जिलों में नये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं दुर्ग जिले में आज शाम तक छब्बीस नये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है कोंडागांव जिले में नौ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई हैं इस बीच केशकाल निवासी अस्सी वर्षीय एक बुजुर्ग की होम आइसोलेशन में मृत्यु हुई है इधर बालोद जिले में आज चार नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है जो एक ही परिवार के हैं वहीं बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधायक और संसदीय सचिव गुरूदयाल सिंह बंजारे सहित उनके परिवार के चार सदस्य और चार पीएसओ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इधर राजधानी स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के कार्यालय को भी आगामी सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है आयोग के सदस्य सहित आधा दर्जन कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है वहीं रायपुर के कबीरनगर थाना के चार पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है इधर राजनांदगांव के कोतवाली और बसंतपुर थाने में एक एसआई और दो सिपाहियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कैम्प लगाकर अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई गई साथ ही दोनों थानों का सैनिटाईजेशन भी कराया गया है उधर महासमुंद जिले में कल देर रात तक एक सौ पच्चीस कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें स्टेट बैंक मुख्य शाखा के प्रबंधक भी शामिल हैं इस बीच जांजगीर एसडीएम कार्यालय की आवक जावक शाखा का एक लिपिक कोरोना पॉजिटिव मिला है इसके बाद एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जा रही है जांजगीर विधायक नारायण चंदेल के गनमैन की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है वहीं बिलासप्र जिले के तारबहार थाना प्रभारी के बाद अब सरकंडा थाना प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उधर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गरियाबंद जिला कलेक्टोरेट परिसर को कंटेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए अगले तीन दिन तक के लिए बंद कर दिया गया है कोरोना खबर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजनांदगांव शहर में दो सामाजिक भवनों को कोविड अस्पताल बनाया गया है जहां सौ सौ बिस्तर की व्यवस्था की गई है उधर सरगुजा कलेक्टर ने पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर में एक सप्ताह के भीतर पांच सौ बिस्तर का कोविड आइसोलेशन सेंटर तैयार करने के निर्देश दिए हैं वहीं जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने कहा है कि जशपुर जिले में पूर्ण लॉकडाउन की अफवाह गलत है जिन विकासखंड और ग्राम पंचायत में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उन्हीं स्थानों को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है कलेक्टर ने कहा है कि सोशल मीडिया में गलत अफवाह फैलाने वालो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस बीच दुर्ग जिले के नर्सिंग और आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रबंधन के साथ चर्चा कर कलेक्टर ने कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए सहयोग मांगा इस दौरान नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन ने इस बात पर सहमति जताई कि कॉलेज की पचास नर्स कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में अपनी सेवाएं देंगी उधर जांजगीर चांपा जिले में आम जनता को कोरोना संक्रमण रोकथाम और बचाव के संबंध में जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने के लिए कंट्रोल रूप स्थापित किया गया है साथ ही दो हेल्पलाइन मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं कोरोना सहायता कोष प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए पांच जिलों के कलेक्टरों को पांच करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से जारी की गई है इनमें रायपुर कलेक्टर को दो करोड रूपए दुर्ग और बिलासपुर कलेक्टर को एक एक करोड़ तथा राजनांदगांव और रायगढ़ कलेक्टर को पचास पचास लाख रूपए की राशि दी गई है शासकीय कार्यालय वचुर्अल बैठक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सभी शासकीय विभागों को सामान्य रूप से बैठकों और किसी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं अत्यावश्यक और अपरिहार्य परिस्थितियों में शासकीय विभाग वचुर्अल और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर सकेंगे सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कार्यालयों में सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने के साथ ही सैनिटाईजेशन करने के निर्देश भी दिए हैं साइबर जागरूकता दुर्ग जिले के भिलाई पुलिस कंट्रोल रूप में पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध की रोकथाम और उससे लोगों को बचने के उपाय के संबंध में पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया ऑनलाइन साइबर क्राइम अवेयरनेस और साइबर फॉरेंसिक विषय पर आयोजित इस प्रशिक्षण में राजनांदगांव बेमेतरा बालोद कबीरधाम और दुर्ग जिले के पुलिस अधिकारी शामिल हुए वहीं बिलासपुर पुलिस द्वारा साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर मितान अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान से अब तक करीब छह लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है बिलासपुर पुलिस द्वारा एक सितंबर से इस अभियान की शुरूवात की गई है संक्षिप्त समाचार प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सड़सठ करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं दाऊ वासुदेव चद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी अट्ठाईस सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं बीजापुर जिले के क्टरू थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन माओवादियों पर एक सहायक उप निरीक्षक का अपहरण और हत्या करने का आरोप है कबीरधाम जिले में न्यायालयों और थानों में सीसीटीएनएस ऑपरेटर की फजी नियुक्ति और आवेदकों से चार लाख रूपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आगामी बारह सितंबर से सिकंदराबाद दरभंगा सिकंदराबाद स्पेशल अहमदाबाद भुनेश्वर अहमदाबाद स्पेशल भुवनेश्वर दुर्ग भुवनेश्वर स्पेशल और कोरबा विशाखापट्टनम कोरबा स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएगी राजनांदगांव जिले के ग्राम अर्जुनी में आकशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई कोंडागांव जिले में संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा सतहत्तर विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू की अंतिम मेरिट और चयन सूची जारी कर दी गई है केशकाल वनमंडल द्वारा टाटामारी ईको पर्यटन केन्द्र के प्रतीक चिन्ह लोगो को डिजाईन करने के लिए बारह सितंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा इसमें स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे राजनांदगांव पुलिस ने भिलाई से डोंगरगढ़ जाने के लिए कार बुकिंग कराकर डकैती की घटना को अंजाम देने वाले आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के ग्राम मड़वापथरा के आसपास इक्कीस हाथियों का एक दल पहुंच गया है

राजनांदगांव जिले में गोटाटोला प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के खाते से बाईस लाख रूपए गबन करने के मामले में मोहला पुलिस ने समिति प्रबंधक और अध्यक्ष के बाद एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने एक ही परिवार के तीन लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले के ही सारागांव के पास ट्रेलर की टक्कर से मोटर साइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई रायपुर रेलमंडल के भाटापारा निपनिया स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक बलौदाबाजार गेट में मरम्मत कार्य के कारण यहां वाहनों का आवागमन नौ सितंबर की रात्रि आठ बजे से बारह सितंबर की रात्रि आठ बजे तक बंद रहेगा